मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा जयपुर की सांभर झील में पक्षियों की मौत को लेकर सरकार गंभीर

प्रदेश में सिंचाई प्रणाली में पारदर्शिता लाने के सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है

आज नई दिल्ली में महालेखाकारों और उप महालेखाकारों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सीएजी की ऑडिट में वो पक्ष भी उजागर होने चाहिए जो नीति बनाने और प्रक्रियाओं को सहज बनाने में मदद करे उन्होंने आशा व्यक्त की न्यू इण्डिया के सपने को साकार करने में सीएजी की भी बड़ी भूमिका होगी

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में ये टिप्पणी की उन्होंने कहा कि जाने माने वैज्ञानिक कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस मसौदे को लोगों के सुझाव के लिए सार्वजनिक कर दिया है जिस पर दो लाख से अधिक सुझाव आये हैं उन्होंने कहा कि सुझावों का विश्लेषण किया जा रहा है और राज्यों से भी परामर्श किया जा रहा है

उनकी हिट फिल्में आज महोत्सव में दिखाई जा रही हैं गोआ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अभित खरे और अनेक गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम के उदघाटन के दौरान उपस्थित थे

अपनी भूमिकाओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध अमिताभ ने गायन नृत्य और कॉमेडी में अपनी प्रतिभा दिखाई है

इस वर्ष इंडियन पैनोरमा की शुरूआत गुजराती फीचर फिल्म हेल्लारो से हो रही है

आज सुबह अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पायलट ने कहा कि नगर निकायों के परिणाम कांग्रेस र्क पक्ष में आए हैं और निर्वाचित पार्षद कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं

श्री पूनिया ने कहा कि निकाय चुनाव में न कांग्रेस जीती है न भाजपा हारी है

इसके लिये वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है वैंब पोर्टल से सिंचाई रेगुलेशन चार्ट को अपडेड रखा जा सकेगा सिंचाई विभाग के अधिकारियों और किसानों को सीधे पोर्टल से जोडा जाएगा इसके जरिये पानी की मात्रा हैड पर गेज की स्थिति नहरों के खूलने और बंद होने की सूचनाएं भिलती रहेगी

जिलों में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौपें

दौसा जिले के सिकन्दरा में मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है बूंदी जिला कलेक्टर तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने डाबी स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास में बेटी बचाओ बेटी पढाओ के अन्तर्गत अपनी बैात कार्यकम के जरिये छात्राओं को आत्मविश्वास बढाने के गुर सिखाये